केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने सुकमा के माओवादी हमले में शहीद जवानों को दी श्रद्दांजलि

यह बात केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही श्री अहीर ने कहा कि माओवादियों का मुकाबला करने के लिए केन्द्र और राज्य के सुरक्षा बल परस्पर बेहतर समन्वय और पूरी सजगता से काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार भी इस दिशा में लगातार सजग है

जो जो भी नई चीजों का खोज होगा हम आईडी के बारे में निश्चित ही ज्यादाँ ही सतर्क हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में लगाई गई बारूदी सुरंगें सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ अपनी सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं केंद्रीय राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ आज सुबह राजधानी रायपुर के माना स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल की चौथी बटालियन परिसर में शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी इस मौके पर राज्य सरकार के अनेक मंत्रियों तथा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित किए

गौरतलब है कि कल सुकमा जिले के किस्टारम के पास माओवादियों द्वारा किए गए बारूदी सुरंग विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नो जवान शहीद हो गए थे इस हमले में दो अन्य जवान घायल भी हुए थे इन जवानों को रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है

इससे पहले कल रात मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात की और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की डॉक्टर सिंह ने प्रशासन के अधिकारियों और अस्पताल के चिकित्सकों से कहा कि घायल जवानों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी जवानों की शहादत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है

श्री मोदी ने टिवटर पर जारी अपने शोक संदेश में कहा है कि मेरी संवेदनाएं इन शहीदों के परिवारों और उनके मित्रों के साथ है पूरा देश उनके दुःख की इस घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन बहादुर शहीद जवानों को पूरा देश सलाम करता है सुकमा माओवादी हमले में जो नौ जवान शहीद हुए हैं उनमें मध्यप्रदेश के भी दो जवान शामिल हैं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीआरपीएफ के इन दो शहीद जवानों के परिजनों को एक एक करोड़ रूपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है साथ ही दोनों ही परिवारों को एक एक घर और परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने की भी घोषणा की गई है इसी तरह इस हमले में उत्तरप्रदेश से शहीद हुए तीन जवानों के परिजनों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पच्चीस पच्चीस लाख रूपये की सहायता देने का ऐलान किया है अधिकारी दौरा इस बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार के साथ सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के उच्च अधिकारियों ने सुकमा जिले में पलोड़ी स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया इसके बाद सुकमा में इन अधिकारियों ने बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जवान घायल इस बीच दंतेवाड़ा जिले में आज दुर्घटनावश हैंड ग्रेनेड फटने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है यह हादसा सीआरपीएफ की एक सौ ग्यारहवीं बटालियन में हुआ ये जवान अरनपुर कैंप से सर्चिंग के लिए निकलने वाले थे इससे पहले ही हथियारों की सफाई के दौरान यूजीबीएल का हैंड ग्रेनेड फट गया गंभीर रूप से घायल एक जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे

इस पर पांच लाख रूपये का इनाम घोषित था मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल डीआरजी और आईटीबीपी का संयुक्त दल गश्त पर निकला हुआ था इस दौरान ध्रंघाट पहाड़ी के जंगल से एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया

इस माओवादी के पास से बारह किलो वजनी एक टिफिन बम बैटरी और माओवादी बैनर पोस्टर सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं इसी तरह नारायणपुर के साप्ताहिक बाजार कड़ेनार से भी दो माओवादियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार माओवादियों पर सुरक्षा बलों पर हमला और विस्फोट करने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है वहीं बीजापुर गंगालूर मार्ग पर माओवादियों ने सात वाहनों को आग के हवाले कर दिया है सुरक्षा बलों के अनुसार ये सभी वाहन सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे लोक सुराज अभियान लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने आज जशपुर जिले के खरकट्टा और बलरामपुर रामानुजगंज जिले के नागरा में आयोजित समाधान शिविर में आम जनता र्से मुलाकात की डॉक्टर सिंह ने दोनों शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारियों से अभियान के पहले चरण में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई के बारे में जानकारी ली

इसमें बाल अधिकारों के प्रभावी संरक्षण बाल श्रम भिक्षा वृत्ति की रोकथाम बच्चों से संबंधित कानूनों और अधिनियमों के तकनीकी पहलुओं तथा इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया इसका आयोजन छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा किया गया था प्रथम सत्र को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष यशवंत जैन ने संबोधित किया कार्यशाला में राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे और राज्य भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष मोहन एंटी ने भी अपने विचार रखे

अब से थोड़ी देर बाद संस्कृति और पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल इसका शुभारंभ करेंगे इस दो दिवसीय आयोजन में कला और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रमो की प्रस्तुतियां दी जाएंगी इनमें शास्त्रीय और लोक कलाओं पर आधारित नृत्य तथा गीत शामिल हैं जिला प्रशासन की ओर से पर्यटकों को कवर्धा से भोरमदेव मेला स्थल तक पहुंचाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई है दुर्घटना बलौदाबाजार भाटापारा जिले के धनशिर गांव में आज ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई वहीं आठ अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं इनमें से गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर लाया गया है संक्षिप्त समाचार दुनिया के जाने माने भौतिकविद् और खगोलविज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का आज निधन हो गया गंभीर बीमारी से पीड़ित रहने के बावजून नोबल प्रस्कार से सम्मानित स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स पर अपने शोध से विज्ञान को एक नई दिशा दी

इनके पास से तेईस हजार रूपये से अधिक की नगद राशि के अलावा बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद किए गए हैं